उन्होंने कहा कि इस कोष का इस्तेमाल कोल्ड चेन की स्थापना और फसल कटाई के बाद प्रबंधन ब्नियादी ढांचे के लिए किया जाएगा

हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड रूपये और मध्मक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड रूपये का आवंटन किया गया है जनजातीय मामले जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में फेसबुक के सहयोग से एक वेबीनार में गोइंग ऑनलाईन एज़ लीडर्स यानी गोल नाम के कार्यक्रम का श्भारंभ किया इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना है श्री मंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम से जनजातीय नौजवानों की छिपी हई प्रतिभा को बाहर लाने में मदद मिलेगी और वे समाज के सर्वागीण विकास में अपना व्यक्तिगत योगदान कर सकेंगे

जबलपुर रजिस्ट्री जबलप्र के रजिस्ट्री कार्यालय में आज से सामान्य कामकाज शुरू हो गया

कोरोना देश देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है

हालांकि सुखद खबर यह है कि करीब आधे संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो च्के हैं

रायसेन जिले के ओबेद्ल्लागंज ब्लाक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकलोद कला की एक स्टाफ नर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी जिसके बाद एहतियाती कदम उठाए गए हैं

मंदसौर सांसद सुधीर ग्प्ता ने आज पिपलियामंडी में सब्जी व्यापारियों को मास्क ग्लब्ज और कैप वितरित किये

मुरैना में बीते दो माह से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये युद्व स्तर पर काम कर रहे सभी योद्वाओं को प्रोत्साहित करने हेत् एक लघ् वृत्त चित्र आज जारी किया गया